आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है द्रनिया भर में ये दिन सरकारों गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों दवारा महिलाओं की उपलब्धियों को उजाकर करने के लिये प्रतिवर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है

नारी दवारा नारी के लिये किए गये नवाचार के अथक प्रयासों को लाकर लैंगिंग समानता को पाना राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस अवसर पर सभी देश वासियों खासतौर पर देश की उन बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी विजय से देश का गौरव बढ़ाया है

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ये प्रस्कार महिला सशक्ति करण एवं सामाजिक कल्याण की दिशा में अथक सेवायें निभाने वाली महिलाओं एवं संस्थानों को दिया जायेगा इस वर्ष नारी शक्तिकरण वन स्टोप सेंटर और किसी एक राज्य को भी दिया जायेगा जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल लिंग अन्पात में अद्वितीय स्धार दर्शाया है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने नागरिकों व समाजसेवी संस्थाओं का आहवान किया है कि वे महिला सश्क्तिकतरण के लिये सकारात्मक एवं प्रगतिशील सोच अपनाए उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में लिंगान्पात को संत्लित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ संकल्प ले राज्यपाल पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित कर रहे थे

महिलाओं के लिये क्रियान्वित पोषण योजनाओं के सफल क्रियान्वियन के लिये एंव स्धार हेत् पंचकूला के उपाय्क्त डा बल्कार सिंह रेवाड़ी के उपाय्क्त अशोक कुमार शर्मा व कुरूक्षेत्र के उपाय्क्त डा एस एस फूलिया को भी सम्मानित किया इसके अलावा लिंगान्पात में स्धार के लिये सफल कार्य करने पर जींद के उपाय्क्त अदित्य दहिया रेवाड़ी के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा व महेन्द्रगढ़ की उपाय्क्त डा गरीमा मित्तल को भी सम्मानित किया

उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिये क्रियान्वियन योजनाओं को कारगर ढंग से लाग् कर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है

उन्होंने कहा कि उन्हतर प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में एक है समरोह को सम्बोधित करते हये महिला एंव बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि नारी शक्ति को समर्पित दिवस पर वे हरियाणा से मिलकर अभिभूत एवं गौरवान्वित हो रही है

सरकार के अलावा अलग अलग विभागों में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रखा गया है उन्होंने कहा कि आज पंच सरपंच पार्षद मेयर जैसे पदों पर चालीस प्रतिशत से अधिक महिलायें है

उन्होंने कहा कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस समय गोदाम उद्योग की परिभाषा में नहीं आते है और औद्योगिक नगरी मे केवल दस प्रतिशत क्षेत्र में ही इनके निर्माण की अन्मति है इस संशोधन के बाद गोदामों को कोलानी बनाते समय उद्योगों के हिस्सा माना जायेग यदि मांग होगी तो साली कालोनी को गोदामों के लिये प्लॉट के तौर विकसित किया जा सकेगा इसके लिये कृषि उत्पादन के भंडारण के अलावा गोदामों के लिये मान्य तबादला शुल्क लगेगा विशेष आर्थिक जोन की डी नोटीफाई की गई भूमि पर औदयोगिक कालोनी विकसित करने के लिये भी मंत्रिमंडल ने छ माह का और समय देने का फैसला किया है जिन औद्योगिक कालोनियों मे दीन दयाल जन आवासीय योजना लागू है वहां औद्योगिक कारागारों को इस नीति का लाभ देते हये स्स्ते घर भी मुहैया करवाये जायेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल ने छोटे व मध्यम किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की बड़ी राहत देते हये भारतीय स्टाम्प कानून के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण पर लिये जाने वाले दो हजार रूपये के स्टाम्प शुल्क का माफ करने का फैसला भी लिया है इसका लाभ एक लाख साठ हजार रूपये तक का ऋण लेने वाले छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्क्षयता में आज चंडीगाढ़ में हई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रकाशित अंतिम विकास योजा के तहत व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में नामित व नगर पालिकाओं को हस्तांतरित हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में अवासीय भूमि गैर कानूनी व्यावसायिक इस्तेमाल के नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जबकि ये प्रस्ताव योजना के अनुरूप होना चाहिए नियमित की जाने वाली प्रस्तावित सम्पति योजना अन्सार मान्यता प्रापत अपने मूल रूप मे ही हो और उप विभाजित न हो और भूमि के उप विभाजन की अन्मति इसके बाद भी नहीं दी जायेगी भूमि पर निर्माण के लिये प्रय्क्त क्षेत्र फलोर ऐरिया अन्पात व इमारत के ऊचांई व पार्किंग की अन्मति समय समय पर संशोधन हरियाणा भवन नियमों के अन्सार दी जायेगी

नगरनिगम रोहतक को जमीन के इन दोनों ट्कड़ों के हस्तांतरण के बाद नगर निगम द्वारा यह योजना सभी सम्बंधित भूमि मालिकों से लिखित सहमति प्राप्त करने तथा निर्धारित कानूनी प्रकिया का पालन करने उपरांत ही लागू की जाएगी मौसम विभाग ने हरियाणा में कई स्थानों पर सोमवार को तेज़ हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है वही आज राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश ह्ई जबकि कल व परसो मौसम खुश्क रहने की संभावना है